आज भाजपा प्रदेश के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन आज इंदौर के चिमनबाग मैदान में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेंगी सम्मेलन में कश्मीर के पुलवामा में हए आतंकी हमलों में शहीद हए जवानों को श्रद्वांजलि दी जायेगी सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी उपस्थित रहेंगे उधर जम्मू शहर में आज लगातार तीसरे दिन कर्फ्यू जारी है किसी भी स्थान से कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं है सेना ने शहर के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया समूचे जम्मू क्षेत्र में हाई स्पीड मोबाइल डेटा सर्विस अब भी बंद है सीमा शुल्क भारत ने पाकिस्तान से आयात की जाने वाली सभी वस्तुओं पर तत्काल प्रभाव से दो सौ प्रतिशत का सीमा शल्क लगा दिया है ऐसा पलवामा आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन यानि सर्वाधिक तरजीह वाले देश का दर्जा वापस लेने के बाद किया गया है वित्तमंत्री अरूण जेटली ने एक ट्वीट संदेश में जानकारी देते हुए बताया कि सीमा शुल्क बढ़ाने से भारत के लिए पाकिस्तान के निर्यात पर प्रतिकूल असर पड़ेगा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि फसलों के बढ़ते उत्पादन के प्रबंधन और किसान को अधिक से अधिक फायदा मिले इसके लिए सरकार नीति बनायेगी श्री नाथ ने कल जबलपुर में कहा कि अब कोई भी क्षेत्र विकास की दृष्टि से उपेक्षित नहीं रहेगा उन्होंने कहा कि जबलपुर में पहली बार मंत्रि परिषद की बैठक और उसमें लिये गये निर्णयों का संदेश पूरे महाकौशल क्षेत्र में जायेगा मुख्यमंत्री जबलपुर के शिवाजी मैदान में जबलपुर क्षेत्र के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के बाद आम सभा को संबोधित कर रहे थे इस दौरान उन्होंने कहा कि अब जबलपुर भी इंदौर और भोपाल जैसे महानगर की तरह विकास की दौड़ में शामिल होगा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने थोड़े समय में ही आम जनता से किये गये वचनों को पूरी शिद्दत के साथ निभाना शुरू किया है विधानसभा सत्र विधानसभा का सत्र कल से शुरू हो रहा है

सत्र के लिये सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से रणनीति तैयार की जा रही है इसके लिये आज भोपाल में अपने अपने विधायक दल की बैठकें बुलाई गई हैं

वहीं कांग्रेस विधायक दल की बैठक शाम को मुख्यमंत्री निवास पर होगी इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री कमलनाथ के अलावा पार्टी के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया भी हिस्सा लेंगे

मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में कल जबलपुर में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में अनेक निर्णय लिये गये

अंशकालिक संवाददाता आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा अंशकालिक अनुबंध के आधार पर इन्दौर मंदसौर रतलाम बालाघाट मंडला और निवाड़ी जिलों में संवाददाताओं के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये हैं अंशकालिक संवाददाता पीटीसी के लिए आवेदक के पास पत्रकारिता की डिग्री या डिप्लोमा और पत्रकारिता में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए

आवेदन पत्र आकाशवाणी भोपाल से भी प्राप्त किये जा सकते हैं मौसम राजस्थान पर बने चक्रवात के उत्तरप्रदेश की तरफ खिसकने से राजधानी भोपाल सहित प्ररे प्रदेश में एक बार फिर ठंड बढ़ गई है

मौसम विभाग ने बताया है कि अगले चौबीस घण्टों के दौरान तापमान में और गिरावट की संभावना जताई है